सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंत्तालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण कल से शुरू हो गया है इस श्रेणी में टीका लगवाने के पात्र लोगों में एक जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है पैंतालीस साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण के लिए को विन पोर्टल के जरिए ऑनसाइट पंजीकरण करा सकते हैं इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से दुकिंग कराने की जरूरत नहीं है यदि कोई भी अस्पताल टीकाकरण के इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है तो को टोल फ्री नंबर एक शून्य सात पांच पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है टीकाकरण केंद्रों में टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है टीकाकरण के लिये प्रदेश में पांच हजार से अधिक केन्द्र बनाये गये हैं देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केन्द्र ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कोविड टीकाकरण केंदों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखनेका फैसला किया है केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के सातों दिन खुला रखें ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे राज्यों और केंद्रशासितप्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं

इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहू खरीद की समी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिये अधिक समय का इंतजार न करना पड़े

गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये प्रति कुन्तल रखा गया है गेहूँ बेचने के लिये पंजीकृत किसानों को ऑन लाइन टोकन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कल से यातायात के लिए खोल दिया गया है इसके खोले जाने से दिल्ली और मेरठ के बीच आने जाने में लगने वाला समय ढाई घंटे से घटकर पैंतालीस मिनट रह गया है एक ट्वीट संदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा करके सरकार ने दिल्ली और मेरठ के बीच सफर के समय को कम करने का अपना वादा पूरा कर दिया है छियान्नबे किलोमीटर लंबे और चौदह लेन वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से दोनों शहरों के बीच सफर का समय सिर्फ पैंतालीस मिनट रह गया है इससे दिल्ली से मुजफ्फरनगर सहारनपुर हरिद्वार और देहरादून के सफर का समय भी कम हुआ है एक्सप्रेस वे के निर्माण पर आठ हजार करोड़ रुपये लागत आई है और इससे यातायात में भीड़भाड़ और प्रदूषण की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी केंद्र सरकार जल्द ही देश में एक अनोखी भूखंड पहचान प्रणाली शुरू करेगी जिसमें प्रत्येक भूखंड के लिए अलग अलग पहचान संख्या आवटित होगी कुछ राज्यों में इस प्रणाली को प्रायोगिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है चौदह अंकों की यह संख्या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी ताकि सभी राज्य इसे आसानी से अपना सकें इससे भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन रखने में मदद मिलेगी प्रमु ईसा मसीह के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे पर आज प्रदेश भर में कोविड नियमों के पालन के तहत इसाई धर्मावलम्बियों ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लिया आज ही के दिन प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था इस बीच कल गुड थर्सडे पर भी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किये गये पुरोहितों धर्माचार्यों और इसाई धर्म मानने वालों ने एक दूसरे के पैर घो कर प्रभु ईसा मसीह के प्रति अपनी आस्था प्रगट की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर एक संदेश में कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षो और बलिदानों की याद दिलाता है अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था